दंतेवाड़ा जिले के हांदावाड़ा में माओवादियों ने एक स्वास्थ्यकर्मी की हत्या कर दी है दंतेवाड़ा में ही माओवादियों ने दो दिन पहले अगवा किए गए एसआई और शिक्षक को रिहा कर दिया है पुलिस अधीक्षक ने कार्य में लापरवाही बरतने पर ेएसआई ललित कश्यप को निलंबित कर दिया

विभिन्न दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन भी शामिल हुई पार्टी ने सामाजिक राजनीतिक और विदेश नीति पर मामलों को देखने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है और विभिन्न मुद्दों को घोषणा पत्र पर शामिल करने के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं दूसरी ओर आज अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक भी हई इसमें पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया अंठावन साल के अंतराल के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक गुजरात में हई जिला निर्वाचन बैठक राज्य में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बैठकें ले रहे हैं बिलासपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर संजय अलंग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच संगवारी मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच प्रतिबंध रहेगा अनुमति के बिना प्रचार प्रसार करने पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वहीं दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता ने भी भिलाई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उधर कोरिया जिला निर्वाचन अधिकारी बिलास भोसकर संदीपन ने पीठासीन अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सी टॉप्स ऐप अपने निजी फोन में डाउनलोड करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इससे मतदान प्रशिक्षण से लेकर चुनाव कराने और मतदान दलों की वापसी तक सब कुछ ट्रैक करने में आसानी होगी इस बीच आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रायपुर जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है जिले में अब तक करीब साढ़े आठ हजार बैनर पोस्टर होर्डिंग्स और दीवार लेखन को हटा दिया गया है माओवादी वारदात दंतेवाड़ा जिले के हांदावाड़ा में माओवादियों ने एक स्वास्थ्यकर्मी की हत्या कर दी है बताया जाता है कि माओवादियों ने धारदार हथियार से स्वास्थ्यकर्मी पर गंभीर वार किए जिससे स्वास्थ्यकर्मी की जान चली गई इस बीच दंतेवाड़ा में ही माओवादियों द्वारा अगवा किए गए एसआई और शिक्षक की सकुशल वापसी हो गई है माओवादियों द्वारा एसआई की हत्या किए जाने की खबर झूठी साबित हुई है पुलिस के अनुसार माओवादियों ने सुरक्षा बलों को अपने एंबुश में फंसाने के लिए यह झूठी अफवाह फैलायी थी लेकिन सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते माओवादी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके दो दिन पहले माओवादियों ने एसआई ललित कश्यप और शिक्षक जयसिंह कुरेटी को उस समय अगवा कर लिया था जब ये शराब पीने जबेली गांव गए हए थे माओवादी इन दोनों को लेकर ब्रग्म के जंगलों में गए थे जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि माओवादियों ने एसआई और शिक्षक दोनों को बीती देर रात रिहा कर दिया इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने एसआई ललित कश्यप को सस्पेंड कर दिया है साथ ही एसआई के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है डॉक्टर पल्लव ने इस घटना को देखते हुए जवानों को ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट अंतागढ टेपकांड अंतागढ़ टेप मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट में एक सप्ताह के बाद सुनवाई होगी आज अदालत ने कुछ तकनीकी कारणों से इस याचिका पर सुनवाई को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है गौरतलब है कि इस मामले में श्री मृणत सहित चार लोगों के खिलाफ रायपूर के पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है श्री मूणत और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही जिला अदालत में खारिज हो चुकी है जिसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई

इस बुलेटिन को यू ट्यूब पर छत्तीसगढ़ एआईआर न्यूज पर सुना जा सकता है इसके अलावा आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा समसामयिक विषयों पर आधारित विशेष कार्यक्रम भी अब यू ट्यूब पर सुने जा सकेंगे यह सेवा पिछले कुछ दिनों से प्रायोगिक रूप से चल रही थी और आज इसकी औपचारिक शुरूआत हुई आज इस सेवा का शुभारंभ भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के अतिरिक्त महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने किया इस मौके पर आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के कार्यालय प्रमुख संजय क्मार मिश्रा कार्यक्रम प्रमुख लखनलाल भौर्य समाचार प्रमुख विकल्प शुक्ला जाने माने भाषाविद डॉक्टर चित्तरंजन कर और आकाशवाणी केन्द्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे हाईकोर्ट नान घोटाला बिलासपुर हाईकोर्ट में आज नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हई आज कोर्ट के सामने सरकार ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पेश किया अदालत में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि एसीबी के इंचार्ज को हटा दिया गया है एसआरपी कल्लूरी की जगह जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू एसीबी का आईजी बनाया गया है इस मामले में अब सुनवाई की अगली तारीख उनतीस अप्रैल दी गयी है उल्लेखनीय है कि नान घोटाले को लेकर एक सामाजिक संस्था हमर संगवारी ने रिट हाईकोर्ट में वर्ष दो हजार पंद्रह में दायर की थी याचिका में कहा गया था कि नान घोटाले को लेकर सीबीआई या फिर कार्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिये मास्टर्स गेम्स देहरादून में आयोजित मास्टर्स गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है यहां हुए आठ खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाडियों ने अस्सी पदक प्राप्त किए हैं खिलाड़ियों की इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं मास्टर्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता बीते चौबीस फरवरी से दो मार्च तक देहरादून में हुई इसमें एथलेटिक्स वेटलिफ्टिंग स्वीमिंग व्हालीबॉल बैडमिंटन तीरंदाजी शूटिंग और उश् खेलों का आयोजन किया गया सभी खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाडियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया सबसे अधिक पदक एथलेटिक्स में मिले इसमें यहां के खिलाडियों ने कुल पैंतीस पदक प्राप्त किए हैं इसके अलवा वेटलिफ्टिंग में दस और शूटिंग में ग्यारह पदक मिले हैं वापसी के बाद खिलाडियों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात की और खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी दी विनोद कश्यप निधन आकाशवाणी की सुप्रसिद्ध समाचार वाचिका विनोद कश्यप का निधन हो गया है वे अठासी वर्ष की थीं वे लगभग तीस वर्ष तक हिन्दी समाचार से जुड़ी रहीं उन्होंने अपने प्रसारण कार्य की शुरूआत आकाशवाणी में रेडियो नाटकों से की थी मौसम आज दोपहर बाद राज्य के अधिकतर इलाकों के मौसम में बदलाव आया राजधानी रायपुर सहित कई क्षेत्रों में बदली छाने के साथ ही तेज से मध्यम बारिश हुई मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज मौसम में तब्दीली हई रायपुर के अलावा बस्तर सरगुजा और दुर्ग सहित कई अन्य जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय भागों पर आने वाले विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है इसके असर से मैदानी क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है राजस्थान में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बना हुआ है इसके सक्रिय होने के बाद आने वाले एक दो दिनों के भीतर राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की र्से मध्यम बारिश होने की संभावना है

बीजापुर जिले के चेरपाल गांव में जहरीले कंदमूल खाने से आठ ग्रामीण बीमार हो गए हैं इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है